चना मसूर और सरसों पर सौ रूपये और गेह और धान पर दो सौ रूपये प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई वहीं डिफाल्टर किसानों के दो किस्तों पर मूलधन चुकाने पर ब्याज माफ कर दिया जायेगा शहरों को तहसील बनाने की योजना पर मोहर लगाते हुये एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को तहसील में बदला जायेगा पत्रकार मौत ट्रक की टक्कर में कल हई भिंड के पत्रकार संदीप शर्मा की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर दी है श्री चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुये कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सरकार के लिये सर्वोपरि है आज मुरैना में मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने दो मिनट का मौन रखकर मृतक संदीप शर्मा को श्रद्वांजलि दी संघ ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और मृतक को शहीद का दर्जा दिये जाने की मांग की है अविश्वास प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने आज कहा कि सरकार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिये तैयार है उन्होंने कहा कि एनडीए को सदन में दो तिहाई बहुमत प्राप्त है इसलिये उसे इस प्रस्ताव पर बहस करने में कोई संकोच नहीं है श्री क्मार ने कहा कि सरकार संसद में किसी भी मुददें पर बहस करने के लिये तैयार है मानवाधिकार राज्य मानव अधिकार आयोग ने कल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह की बहू की आत्महत्या के मामले सहित अन्य मामलों पर संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया मंत्री रामपाल सिंह की बहू प्रीति के आत्महत्या मामले में मतिका के परिवार को अभी तक न्याय न मिल पाने के मामले में आयोग ने संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक रायसेन से अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति का प्रतिवेदन मांगा है

वायरोलॉजी लैब प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब स्थापित की जायेगी पहली वायरोलॉजी लैब गाँधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थापित की जा रही है यह लैब पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी होगी

गाँधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में इस लैब की इमारत बन कर तैयार हो चुकी है लैब जल्द ही शुरू होगी दूसरे चरण में ग्वालियर इंदौर रीवा और सागर में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी

कार्यशाला प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कल बाल अधिकारों पर राज्य स्तरीय समीक्षा सह कार्यशाला का भोपाल के समन्वय भवन में आयोजन किया जायेगा

कार्यशाला में बच्चों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन पर प्रस्तुतिकरण और चर्चा होगी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे महोत्सव में पंजाबी लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुति होगी

डकैत भारत सिंह गुर्जर को आज मुरैना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है